वरिष्ठ नागरिकों और गम्भीर बीमारी से ग्रसित पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाए जायेंगे कोविड के टीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इक्कीसवीं सदी के भारत को क्रषि उत्पादन में वृद्धि के बीच खाद्य प्रसंस्करण क्रांति की जरूरत है उन्होंने कहा कि अगर दो तीन दशक पहले ऐसा हुआ होता तब वह देश के लिए अच्छा होता अगले वित्त वर्ष में केंद्रीय बजट में कृषि क्षेत्र के लिए उठाए गए कदमों पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कल कहा कि खाद्य सब्जी फल और मत्स्य पालन सहितकृषि के हर क्षेत्र में प्रसंस्करण पर ध्यान केंद्रित करना होगा इस वेबिनार में एग्रीकल्वर डेरी फिशरिज जैसेभांति भांति के सेक्टर्स के एक्सपर्ट भी हैं पब्लिकप्राइवेट और को ओपरेटिव सेक्टर के साथी भी हैं और देश केरूलर इकोनॉमी को फंड करने वाले बैंकों के प्रतिनिधि भी हैं आप सभी आत्मनिर्भरमारत के लिए जरूरी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्व को स्टेक होल्डसहैं श्री मोदी ने कहा कि आध्निक भंडारण सुविधाएं किसानों को उनके गांवों के पास उपलब्ध होनी चाहिए प्रधानमंत्री ने प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने कहा कि यह समय की जरूरत है कि किसानों की उपज को बाजार में अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध हों प्रधानमंत्री ने गाँव के पास क षि उद्योग समूहों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया ताकि गाँव में ही लोगों को खेती से संबंधित रोजगार मिल सके श्री मोदी ने बताया कि किसान रेल में सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर पचास प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है देश में कोविड टीकाकरण के अगले चरण के तहत कल से वरिष्ठ नागरिकों और पैंतालिस वर्ष से अधिक आयु के बीमार लोगों को टीका लगाने का कार्य शुरू हो गया है इसके लिए वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डब्लू डाट कोविन डाट जीओवी डाट इन पर पंजीकरण कराया जा सकता है कोविन ट्वन्टी पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण कराया जा सकता है दस हजार सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीन मुफ्त लगायी जाएगी जबकि करीब बीस हजार निजी टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन का खर्च लोगों को वहन करना होगा इस चरण में होने वाले टीकाकरण के लिए पात्र व्यक्ति को विन ट्वन्टी पोर्टल पर अपने अपने मोबाइल नम्बर के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं एक मोबाइल नम्बर से कृल चार लाभार्थियों का ही पंजीकरण हो सकता है ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अपने फोटो पहचान पत्र का भी प्रयोग करना होगा इसके बाद लोग टीकाकरण के लिए अपने नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र का चुनाव अपने समय के अनुसार कर सकते हैं टीकाकरण के समय और केंद्र की पुष्टि मोबाइल नम्बर पर एस एम एस के माध्यम से की जायेगी सरकार ने बीस बीमारियों की एक सूची जारी की है जिसके जरिये पैंतालिस से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी इसमें मधुमेह उच्च रक्तचाप हृदय प्रत्यारोपण गुर्दा और लीवर प्रत्यारोपण ल्यूकीमिया एड्स पिछले एक वर्ष में हृदय रोग के कारण अस्पताल में भर्ती हुये लोगों के अलावा सांस संबंधी बीमारी वाले लोग शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरूआत करते हुए कल सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली उन्होंने राष्ट्र को कोविड मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील की कि वे इस टीके को अवश्य लगवाए पुद्दचेरी की रहने वाली सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री को को वैक्सीन का टीका लगाया

राज्य में हर जनपद में तीन अस्पतालों में टीकाकरण का कार्य श्रू किया गया है मुख्यमंत्री ने टीकाकरण कार्य पर संतोष व्यक्त करते हुए सम्पूर्ण टीकाकरण भारत सरकार के दिशा निर्देशों और क्रम के अनुसार संचालित करने के निर्देश दिये राज्य में सरकारी और निजी चिकित्सालयों में कोविड वैक्सीनेशन सेन्टर स्थापित किये गये हैं उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण केन्द्रों की नियमित मानीटरिंग करते हुए निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाये राज्य में टीकाकरण के लिये गुरूवार और शुक्रवार का दिन निर्धारित किया गया है अब तक प्रदेश में अस्सी प्रतिशत स्वास्थ्य कर्मियों और तिहत्तर प्रतिशत अग्निम पंक्ति कर्मियों को कोविड नाइन्टीन के टीके की पहली डोज लग चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में स्थापित की जा रही फिल्म सिटी के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पी पी पी मोड में विकसित किया जाये जिससे फिल्म निर्माताओं को सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकें मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा द्वारा विकसित किए जा रहे नोएडा फिल्म सिटी के सम्बंध में प्रस्तुतिकरण का अवलोकन कर रहे थे प्रदेश में कक्षा एक से पांच तक के सभी विद्यालय छात्रों की पढ़ाई के लिये कोरोना काल के बाद फिर से खुल गये

विद्यालयों में स्वच्छता थर्मल स्कैनिंग मॉस्क पहनने और प्राथमिक उपचार सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ के नरही में स्थित प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत विद्यालय में कराये गये कार्यो को देखा और विद्यार्थियों से बातचीत कर शिक्षण स्तर को परखा गौरतलब है कि कक्षा छह से आठ तक के स्कूल पिछली दस फरवरी को कोरोना काल के बाद दोबारा खोल दिये गये थे माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रदेश में पहले ही दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी गई है

विपक्ष का जवाब देते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तीन साल ग्यारह महीने की सरकार में अब तक तीस लाख दो हजार दो सौ तिरपन लोगों को रोजगार दिया गया है उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है कि सेवा योजन कार्यालय में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है उन्होंने कहा कि बेरोजगारों के पंजीकरण का कार्य चालू है इसलिये यह संख्या बढ़ी हुई दिख रही है उधर विधान परिषद में कानून व्यवस्था और गंगा सफाई का मामला गूंजा सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया

उन्होंने कहा कि गंगा के सौन्दर्यीकरण के लिये प्रदेश में काफी कार्य किये जा रहे हैं केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में एक समारोह में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी प्रणाली की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहाकि टोल प्लाजा पर फास्टैग के लागू होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में सुधार के साथ ही कारोबार सुगमता बढ़ी है श्री गडकरी ने कहा कि इससे समय और ईंधन की बचत हो रही है सरकार ने इस वर्ष पन्द्रह फरवरी की मध्यरात्रि से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है बिना फास्टैग वाले वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजा पर दोगुना भूगतान करना पड रहा है श्री गडकरी ने कहा कि सरकार दो हजार पच्चीस तक देश में सड़क द्र्घटनाओं को कम करने के तौर तरीकों पर काम कर रही है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के सत्तासी नये मामले आये है इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार अठहत्तर है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल बताया कि पिछले एक दिन में एक सौ चार कोरोना मरीज ठीक हुए है और अब तक कुल पांच लाख बान्नबे हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है और अब तक तीन करोड़ तेरह लाख पनचानबे हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है